बाबूलाल मरांडी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिए जाने के खिलाफ भाजपा ने राज्यभर में किया प्रदर्षन राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज अठारह से इक्कीस मार्च तक तेज हवा के साथ बारिष और ओलावृष्टि की संभावना कोरोना वायरस के विष्वव्यापी फैलते संक्रमण के मददेनजर राज्य सरकार ने कल से चौदह अप्रैल तक राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों मल्टीप्लैक्स सिनेमा हॉल म्यूजियम स्वीमिंग पूल और पार्को को बंद रखने का निर्णय लिया है

उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से कल से सदन के चलने तक दर्षक दीर्घा को भी बंद रखने का आग्रह किया श्री सोरेन ने बताया कि राज्य सरकार ने इस राष्ट्रीय महामारी से निपटने के लिए दो सौ करोड़ रुपये का आवंटन किया है

कोरोना वायरस से बचाव के लिए राज्यभर में कई एहतियाती उपाय किये जा रहे हैं इस सिलसिले में खुंटी जिले के आदर्ष विद्यालय में जागरूकता अभियान चलाया गया विद्यालय के षिक्षकों ने विद्यार्थियों को इस महामारी से बचने के लिए स्वच्छ और सर्तक रहने की सलाह दी उधर हजारीबाग में स्कूली बच्चों ने कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए मास्क का वितरण किया और उन्हें सतर्कता बरतने की सलाह दी इधर चतरा जिले में उपायुक्त जीतेंद्र कुमार सिंह ने पत्रकारों को कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिला प्रषासन द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी दी उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल में चार बेड का आइसोलेषन वार्ड बनाया गया है उन्होंन यह भी कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर और बैनर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है पलामू जिले में भी इंडियन मेडिकल एसोसिएषन की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में अन्य चिकित्सकों के अलावा जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कनेडी भी शामिल हुए और इस महामारी से बचाव और इलाज की जानकारी दी

इसके अलावा पंपलेट वितरित कर कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता कार्यक्रम चलाने का भी निर्णय लिया गया जिले के सभी अस्पतालों को स्पष्ट निर्देष दिया गया है कि सांस की तकलीफ लेकर आने वाले लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच अवष्य कराएं कोरोना वायरस को लेकर मास्क समेत अन्य चिकित्सकीय उपकरण की कालाबाजारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किये जाने की हिदायत भी उपायुक्त ने दी है

कई ट्वीट के माध्यम से श्री मोदी ने भरोसा दिलाया कि लोगों को स्वस्थ रखने के लिए हरसंभव उपाय किये जायेंगे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

इस्तेमाल किये गये टिश्यू पेपर तत्काल बंद डिब्बों में फेंके जाने चाहिए

कोरोना वायरस को लेकर राज्य के विभिन्न जेलों में भी विषेष सतर्कता बरतने का निर्देष सरकार ने दिया है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जेल अधीक्षकों को कैदियों से मिलने जुलने वालों पर रोक लगाने का निर्देष दिया है श्री ग्रप्ता ने जेल जाने वाले नये कैदियों को अलग रखकर उनकी जांच करने का भी निर्देष दिया है उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही नये कैदियों को अन्य कैदियों के साथ जेल में रखने की व्यवस्था की जायेगी

बाबूलाल मरांडी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिये जाने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज राजधानी रांची समेत राज्यभर में प्रदर्षन किया गया रांची में पार्टी की महानगर कमिटी द्वारा पृतला दहन कार्यक्रम किया गया इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि अगर इस मसले पर जल्द से जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो वे आंदोलन और तेज करेंगे केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने आज लोकसभा में बताया कि भवन निर्माण क्षेत्र को छोड़कर सभी प्रमुख क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढे हैं एक सवाल के लिखित जवाब में श्री गंगवार ने कहा कि श्रम ब्यूरो ने अप्रैल दो हजार सोलह में आठ बड़े गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति पर व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया था जिनमें कम से कम दस कर्मचारी थे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए समग्र शिक्षा योजना के माध्यम से केन्द्र सरकार सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को सहयोग दे रही है इसके तहत नये स्कूलों को खोलने और विद्यालयों के सशक्तिकरण के प्रयास शामिल हैं लोकसभा में आज एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि देश में छह सौ पैंतालीस जवाहर नवोदय विद्यालय चल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को गुणात्मक शिक्षा देने के लिए हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की योजना है नक्सलियों के खिलाफ चलाये जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है पुलिस ने लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के काली जंगल से प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है चंदवा के थाना प्रभारी मदन कुमार शर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर काली जंगल में पुलिस पर नक्सलियों ने फायरिंग की पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की इसी दौरान चार उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में फिर मौसम का मिजाज बदलने का अनुमान व्यक्त किया गया है रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने अठारह मार्च से इक्कीस मार्च तक राज्य के कई हिस्सों में तेज गर्जन के साथ झमाझम बारिष और ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है

संक्षिप्त खबरें गिरिडीह जिले में कोरोना वायरस के एक संदिग्ध की पहचान हुई है

पलामू जिले के सभी अंचलों और प्रखंडों में विषेष कैम्प लगाकर खतियान और पंजी टू की त्रुटियों को सुधारा जा रहा है

रांची स्थित बिरसा कृषि विष्व विद्यालय ने सब्जी फसलों को रोगों और कीड़ों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए फफूंदनाशी और कीटनाषी के प्रयोग की सलाह किसानों को दी है बड़काकाना बरवाडीह रेल खंड पर टोरी स्टेषन के तेतरिया खाड़ खोल साइडिंग के समीप आज सवेरे अपलाईन पर एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई इस हादसे के बाद अपलाईन पर रेल परिचालन प्रभावित हुआ